मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा परीक्षाओं को बोझ न समझे विद्यार्थी शिमला में किया मेकशिफ्ट कोविड अस्पताल का शुभारम्भ प्रदेश कांग्रेस ने राज्य में बर्डपलू की दस्तक पर चिंता जताई सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित कल से राहत की उम्मीद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

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण के बारे में अंतिम निर्णय सरकार करेगी

ये स्टोर थोक में टीकों का भण्डारण करते हैं और इन्हें आगे वितरित करते हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि विद्यार्थियों को परीक्षाओं को बोझ न समझकर खूद के मुल्यांकन की प्रक्रिया समझना चाहिए मुख्यमंत्री आज अपने जन्मदिवस पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विद्यार्थियों से संवाद कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाएं रौक्षणिक प्रक्रिया में उत्कृष्टता प्राप्त करने और विद्यार्थियों की प्रगति के मुल्यांकन में सहायता का मार्ग है उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त करने की धारणा को विद्यार्थियों में तनाव का मुख्य कारण बताया और कहा कि इससे बचने के लिए विद्यार्थियों को समय से पहले परीक्षाओं के लिए तैयार रहना चाहिए मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से अपने माता पिता और अध्यापकों का हमेशा सम्मान करने का आहवान किया और कहा कि सफलता का कोई भी वैकल्पिक मार्ग नहीं है उन्होंने विद्यार्थियों को महामारी के इस दौर में अधिक सतर्क रहने का आग्रह भी किया

उन्होंने इस मौके पर लोक कल्याण समिति के प्रभारी राजेश सरस्वती और उनके सहयोगियों को कोरोना काल के दौरान कोविड ग्रसित मृतकों के दाह संस्कार पर सेवाएं देने के लिए उन्हें सम्मानित किया मुख्यमंत्री ने अस्पताल में ई क्लीनिक ई कोर्ट ऐविडेंस वीडियो कांफ्रेसिंग और टेलीमेडिसन सुविधा भी जनता को समर्पित की मुख्यमंत्री ने बाद में रिपन अस्पताल में नोफल चेरिटेबल संस्था द्वारा प्रदान की गई रोटी बनाने की मशीन का भी शुभारंभ किया

इस मौके पर समाज के विभिन्न वर्गो के लोगों ने मुख्यमंत्री को उनके सरकारी आवास ओकओवर पहुंचकर स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की शुभकामनाएं दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों प्रदेश मंत्रिमण्डल के सदस्यों विघायकों निगमों बोर्डों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री को दूरभाष पर और व्यक्तिगत तौर पर शुभकामनाएं दी मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अपने सरकारी आवास ओकओवर में रूद्राक्ष का पौधा रोपित किया इस दौरान मुख्यमंत्री को राज्य आरईडीडी कार्य योजना प्रस्तुत की मुख्यमंत्री के जन्म दिवस पर प्रदेश संबिवालय सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूकता पदयात्रा का आयोजन किया बोर्ड के महासचिव राजेश शर्मा ने बताया कि ये पदयात्रा गुलपाल वर्मा द्वारा लिखे कोरोना जागरूकता नारों पर आधारित थी एमओयू हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज सिक्स सिग्मा हैल्थ केयर के साथ शिमला जिला और सिरमौर के चूड़धार क्षेत्र में एशिया का प्रथम पर्वतीय संस्थान स्थापित करने के लिए एक सौ करोड़ रूपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए सिक्स सिग्मा हैत्थ केयर विशेषज्ञ पर्वतीय स्वास्थ्य टीम हैं जिन्हें भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा प्रशिक्षित किया गया है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे उन्होंने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार पर्वतीय क्षेत्रों और धार्मिक यात्राओं में गुणवत्ता सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बाद अब बर्डपलू की दस्तक पर चिंता व्यक्त की है राठौर ने आज शिमला में एक बयान में प्रदेश सरकार से इस घातक बर्डप्लू के प्रकोप को रोकने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने की मांग की उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पौंग डैम में इस बीमारी के कारण मारे गए परिंदों को दफनाने के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं जिससे इस बीमारी के और फैलने की आशंका बढ़ गई है

बर्डफ्ल केन्द्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के मद्देनज़र राज्य सरकारों के उपायों की निगरानी के लिए दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है इन राज्यों में हिमाचल भी शामिल है केन्द्र सरकार के पशु पालन और डेयरी विमाग ने प्रभावित राजयों को सुझाव दिया है कि वे इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कार्य योजना बनाएं उनसे ये भी कहा गया है कि वे बर्डफ्लू की पुष्टि के लिए नमूनों की जांच करें और इन पर निगरानी रखें राज्यों से कहा गया है कि ये इस बारे में वन विभाग से भी सम्पर्क स्थापित करें अन्य राज्यों से भी इस बारे में सतर्कता बरतने और आवश्यक उपायों के लिए इसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है केन्द्र ने कहा है कि इस रोग के मनुष्यों में फैलने की अभी कोई सुचना नहीं है देश के अनेक राज्यों में तेजी से फैलते बर्डपलू को देखते हुए केन्द्र सरकार ने राज्यों को चेतावनी भी जारी की है मौसम प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में हुई व्यापक बर्फबारी और राज्य के निचले क्षेत्रों में वर्षा से पूरा प्रदेश कड़ाके की ठण्ड की चपेट में है हालांकि आज दोपहर बाद से राज्य में वर्षा और बर्फबारी का दौर थम गया है जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में ताजा बर्फबारी से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है और जिले का शेष विश्व से सड़क सम्पर्क कटा हुआ है बर्फबारी से जिले के कई हिस्सों में हिमस्खलन का खतरा बना हुआ है इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों को हिमस्खलन वाले स्थानों पर न जाने और घरों में ही बने रहने की अपील की है किन्नौर जिला में भी भारी बर्फबारी के कारण समी सम्पर्क मार्ग बंद है

जिले के अधिकांश क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी बाधित है उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि जिले में हालात सामान्य करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य जारी है इस बीच मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में मौसम में सुधार का पुर्वानुमान जारी किया है हालांकि इस दौरान राज्य के मैदानी और मध्यम उंचाई वाले इलाकों में लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ेगा निर्विरोध विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई की ग्राम पंचायत गिल्टाड़ी की समस्त कार्यकारिणी का लगातार चौथी बार निर्विरोध चयन हुआ है यहां प्रधान पद के लिए नैना तनेटा उपप्रधान पद के लिए हरिंद्र सिंह और वार्ड सदस्यों के लिए बिशन सिंह ठाकुर लोकिन्द्र मेहता सुलोचना देवी शक्न्तला देवी और उर्मिला का चयन हुआ है उधर हमीरपुर जिला की चकमोह पंचायत के सभी उम्मीदवारों ने पंचायत में स्वास्थ्य केन्द्र न बनने पर चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया है